नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना को प्रमुख मुद्दा बनाएगी कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के लिए की भारत रत्न की मांग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

उन्होंने इस दौरान चम्बा के चौगान और भटियात के सिंहता में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को पूरा करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में हिमाचल ने बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर काम किया है मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान राजनीति करने पर विपक्ष की आलोचना की मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी वनमंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे

ये निवेश पनविद्युत तापविद्युत सोलर पावर और विंड पावर के क्षेत्र में किया जाएगा

निगम इस बेसिन की सभी परियोजनाओं को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं इसके लिए प्रदेश सरकार ने सैद्वांतिक मंजूरी भी दे दी है उन्होंने कहा कि निगम की निर्माणाधीन लुहरी चरण एक और धौलासिद्ध परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी उन्होंने ये भी कहा कि निगम हिमाचल में सोलर पॉवर की सम्भावनाएं भी तलाशेगा सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों का आहवान किया है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को जागरूक करने का संकल्प लें स्वास्थ्य मंत्री आज सोलन में कोरोना महामारी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव की शपथ एक ऐसा संकल्प है जो हमें और हमारे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को कोरोना महामारी से बचा सकता है सैजल ने बाद में जिलास्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिक संवेदनशीलता और कर्त्तव्य की भावना ही शिकायत निवारण की गारंटी है

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सफल रणनीति से ही बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित हुई है सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि बिहार सहित गुजरात और कर्नाटक उपचुनाव में पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता को आज भी भाजपा नेतृत्व में पूरा विश्वास है इस बीच बिहार चुनाव में जीत का भाजपा ने आज पार्टी मुख्यालय दीप कमल में जश्न मनाया इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि बिहार की जनता ने विकास की राह चुनकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था जताई है उन्होंने बिहार की जीत के लिए प्रधानमंत्री गृहमंत्री नीतिश कुमार और कार्यकर्ताओं को बधाई दी मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार को यू टर्न लेने वाली सरकार करार दिया है अग्निहोत्री ने एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना सोचे समझे स्कूल खोलने का निर्णय लिया जिसे अब मजबूरी में पलटना पड़ा है उन्होंने सरकार पर अपनी जिम्मेवारी से बचने का आरोप भी लगाया अग्निहोत्री ने कहा कि स्कूल खोलकर सरकार ने न केवल बच्चों की जान को जोखिम में डाला बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक भी कोरोना की चपेट में आ गए उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोरोना पर सरकार की विफलता को प्रमुखता से उठाएगा शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा को भारत रतन से सम्मानित करने और तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की मांग की है शांता कुमार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां इन दोनों मुद्दों के अनुकूल है

उन्होंने कहा कि चीन आज पूरे विश्व में अकेला पड़ गया है और अमेरिका जैसी विश्व शक्ति भी चीन को एक संकट समझती है शांता कुमार ने कहा कि यह दो कदम उठाने से चीन विश्व में पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा राठौर इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर गम्भीर नहीं होने का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है जो चिंता का विषय है उन्होंने प्रदेश सरकार पर केन्द्र के दबाव में निर्णय लेने का आरोप भी लगाया राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए जिन्हें अब मजबूरी में फिर से बंद करना पड़ा है राठौर ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश में चुनाव प्रणाली पर गम्भीरता से विचार हो

प्रदेश में आज छः और मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया इनमें से दो मौतें कांगड़ा दो मण्डी और दो शिमला में हुई है

संजय कुंड पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने कहा है कि प्रदेश पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है और पिछले कुछ समय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुंडू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है उन्होंने कहा कि राज्य में साईबर क्राईम को रोकने के लिए पुलिस विभाग को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है साथ ही ड्रग माफिया को नकेलने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं